निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी

नीति आयोग बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की पांचवी बैठक हो रही है श्री मोदी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में एक बार फिर कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी हाल ही में संपन्न आम चुनाव को दनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रकिया बताते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय हर व्यक्ति के लिए देश के विकास के वास्ते काम करने का है उन्होंने सभी से गरीबी बेरोजगारी सूखा बाढ़ प्रदूषण भ्रष्टाचार और हिंसा का मिलकर मुकाबला करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं इस बैठक की कार्यसुची में वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम कृषि सुधारों और विशेष रूप से वाम प्रभावित उग्रवाद वाले जिलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हो रही हैं बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्य्याल और अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए इससे पहले श्री कमलनाथ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से प्रधानमंत्री के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावित एजेंडे और मुद्दों पर बातचीत की निपाह वायरस गुना जिले में पिछले दिनों हुई चमगादड़ों की मौत के बाद निपाह वायरस को लेकर गुना और ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हये लोगो को सजग और सतर्क रहने की हिदायत दी है स्थिति पर नियंत्रण के लिए भोपाल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप निदेशक डाक्टर शैलेष सॉकले गुना स्वास्थ्य विभाग की टीम और पश् विभाग के विशेषज्ञ अपनी टीम के साथ एनएफएल विजयपुर पहंच गये हैं श्री शॉकले ने बताया है कि अधिक गर्मी या कृछ विषैले पदार्थों के सेवन से चमगादड़ों की मौत हो सकती है इसलिए लोगों को किसी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है मृत चमगादड़ों को गढ़ढों में दफनाया गया है ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग के अमले से किसी मरीज को तेज बुखार सिरदर्द बदनदर्द खासी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाये जाने पर जिला चिकित्सालय भेजने के साथ सीएमएचओ कार्यालय को जानकारी देने के निर्देश भी दिये गये हैं

आज नई दिल्ली में एक समारोह र्मे श्री पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना विश्व में सबसे तेर्जी से अमल होने वाली परियोजनाओं में से एक है

चिकित्सा नियम केंद्र सरकार ने चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्यों से निश्चित कानून बनाने को कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हए हमले को देखते हए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में पत्र भेजकर चिकित्सकों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने चिंता जताते हए कहा कि देश के विभिन्न भागों से चिकित्सकों पर हमले की घटनाओं के बाद चिकित्सकों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ा है इस संबंध में भारतीय चिकित्सा संघ और दिल्ली चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों ने आज डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात भी की

श्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहत कुछ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हे ऐसे ही विचारों के व्यापक आदान प्रदान की उम्मीद है देशवासी नमो ऐप और माइ जीओवी के माध्यम से अपने नवीन सुझाव साझा कर सकते हैं

खपत और मीटर कनेक्शन में काफी अंतर पाया गया था बिजली विभाग की कार्यवाही के बाद पेपर मिल ने एडीएम कोर्ट में अपील की थी मंहगाई भत्ता राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं के पंचायत सचिवों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किये हैं

गौरतलब है कि कल प्रदेश के सात लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों और अध्यापकों सहित अन्य कर्मचारियों का सरकार ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किये हैं

इसमें योग प्रशिक्षित आम नागरिकों को योग स्वयंसेवकों के रूप में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया है प्रदेश के सामान्य नागरिक भी आयुष विभाग के निकटतम चिकित्सालय महाविद्यालय और विभाग द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं योग स्वयंसेवक और संस्थाएँ अपने जिले के कलेक्टर जिला शिक्षाधिकारी जिला आयुष अधिकारी संभागीय आयुष अधिकारी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नेहरू युवा केन्द्र से सम्पर्क कर कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कांग्रेस उपलब्धि राज्य की कांग्रेस सरकार अपने छह माह पूरे करने जा रही है इस उपलक्ष्य में सरकार अपनी उपलब्धियां से जनता को अवगत कराएगी

उन्होंने कहा कि अल्प कार्यकाल में ही कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र पर अमल करते हए ऐसे कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनसे न केवल जनता को बड़ी राहत पहुंची है बल्कि प्रदेश भी विकास की राह पर दौड़ पड़ा है नया सवेरा राज्य सरकार ने संबल योजना का नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया है श्रम विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिये हैं आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा इसके लिए नये कार्ड जारी किये जायेंगे गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने यह योजना शुरू की थी इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिये जाते हैं आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सबेरा के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को त्वरित गति योजनाओं के लाभ के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिल सके जिसमें श्रमिक का आधार और मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है वहीं मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घण्टों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के ग्वालियर जबलपुर तथा उज्जैन संभोगों के अनेक जिलों में वर्षा हुई साथ ही रीवा सागर इंदौर और होशंगाबाद संभागों के कुछ जिलों में बौछारें पड़ी

विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान छिंदवाड़ा जबलपुर मण्डला और बालाघाट सहित अनेक जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है